नगरपालिका और नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशियों पर जनता ने भरोसा जतायामेयर पद के लिए कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर के समाचार विश्वप्रसिद्ध बदरीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हुएश्रद्दालु अगले छह महीने जोशीमठ में कर सकेंगे दर्शन रुद्रप्रयाग में पहाड़ के पारंपरिक फसलों और उत्पादों से निर्मित प्रसाद योजना सफल साबित हुईकरीब एक करोड़ तीस लाख रुपये का मुनाफा हुआ

इस बार पार्षदों नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में ज्यादातर स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशियों पर जनता ने भरोसा जताया है वहीं कई जगह भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर हुई जिसमें ताजा समाचार मिलने तक भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाये हुए हैं अल्मोड़ा नगर पालिक परिषद के चुनाव में कांग्रेस के प्रकाशचंद जोशी विजयी हुए नगर पंचायत भिकियासैंण से भाजपा प्रत्याशी अंबुली देवी द्वाराहाट नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा के मुकेश लाल ने जीत हासिल की चिलियानौला में निर्दलीय प्रत्याकशी कल्पाना देवी ने बाजी मारी है पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट नगर पंचायत में भाजपा की कमला चुफाल और नगर पालिका धारचूला में अध्यक्ष पद पर भाजपा की राजेश्वरी देवी ने जीत दर्ज की निर्वाचन आयुक्त कार्यालय के अनुसार गंगोलीहाट नगर पंचायत में भाजपा की जयश्री पाठक बेरीनाग नगर पंचायत में निर्दल प्रत्याशी हेमचेंद्र पंत विजयी हुए हैं नैनीताल में नगर पालिका कालाढंगी से भाजपा के पृष्कर कत्युरा जीते हैं लालकआं से कांग्रेस के लालचंद्र सिंह रामनगर से कांग्रेस के मोहम्मद अकरम और भवाली से भाजपा के संजय वर्मा ने जीत दर्ज की है

जिला मुख्यालय चम्पावत की सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विजय वर्मा ने जीत दर्ज की वहीं नव गठित नगर पंचायत बनबसा में निदर्लीय रेनू अग्रवाल जीती हैं जबकि लोहाघाट में गोविन्द वर्मा और टनकपुर में विपिन कुमार ने बाजी मारी सबसें पुरानी नगर पंचायत लोहाघाट में कांग्रेस ने उम्मीदवार न खड़ा करते हुए निदर्लीय प्रत्याशी को समर्थन दिया था वहीं विभिन्न वार्डो में युवा प्रत्याशियों का दबदबा रहा नगर पालिका परिषद बागेश्वर में निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश खेतवाल ने जीत हासिल की जबकि कपकोट नगर पालिका में कांग्रेस के गोविंद सिंह जीते हैं वहीं अब तक आये नतीजों में चमोली जिले में जोशीमठ नगरपालिक अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के शैलेंद्र पंवार ने जीत हासिल की कर्णप्रयाग नगरपालिका में भाजपा की दमयंती रतूड़ी पीपलकोटी नगर पंचायत में भाजपा के रमेश लाल बड़वाल नंदप्रयाग नगर पंचायत में भाजपा की हिमानी वैष्णव थराली नगर पंचायत में भाजपा की दीपा भारती गैरसैंण नगर पंचायत में कांग्रेस के पुष्कर सिंह गौचर नगरपालिका में भाजपा की अंजू बिष्ट और गोपेश्वर नगरपालिका में कांग्रेस के सुरेंद्र लाल ने जीत दर्ज की पौड़ी में नगर पंचायत सतपुली के अध्यक्ष पद पर भाजपा की अंजना वर्मा जीत गई दुगड्डा नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद पर निर्देलीय प्रत्याशी भावना चौहान विजयी हुई हैं पौड़ी नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर भाजपा के प्रत्याशी यशपाल बेनाम ने जीत दर्ज की

केलाखेड़ा में निर्दलीय हामिद अली ने जीत हासिल की है वहीं उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी बीना ने जीत दर्ज की है बड़कोट में कांग्रेस की अनुपमा नौगांव में बीजेपी के शशिमोहन पुरोला में कांग्रेस के हरिमोहन सिंह ने जीत दर्ज की टिहरी में निकाय के अध्यक्ष पद की बात करते हैं यहां नरेंद्रनगर में बीजेपी के राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार कीर्तिनगर में बीजेपी की कैलाशी देवी देवप्रयाग में निर्दलीय कृष्णकांत कोटियाल गजा में बीजेपी की मीना खाती चमियाला में कांग्रेस की ममता पंवार ने जीत दर्ज की है रुद्रप्रयाग नगर पालिका परिषद में कांग्रेस की गीता जीती हैं अगस्त्यमुनि से निर्दलीय अरुणा देवी जीती हैं तिलवाडा में निर्दलीय संजू को जीत मिली है और ऊखीमठ में बीजेपी के विजय सिंह ने जीत दर्ज की है

दोपहर तीन बजकर इक्कीस मिनट पर मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान के साथ धाम के कपाट बंद किये गए इस अवसर पर मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया था सेना के बैंड की धुनों के साथ कपाट बंद हुए उद्वव जी का विग्रह भगवान के सानिध्य से बाहर लाया गया इसके बाद मां लक्ष्मी का विग्रह भंगवान के निकट रखा गया कपाट बंद होने से पहले भगवान बदरी को ऊन का लबादा पहनाया गया जो देश के अंतिम गांव माणा की कन्या ब्नकर भगवान को अर्पित करती हैं इस मौके का गवाह बनने के लिए देश विदेश के करीब पांच हजार श्रद्धाल् मौजूद रहे वहीं योग ग्रु स्वामी रामदेव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजट भट्ट समेत सेना और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे इस दौरान यात्रियों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया था कपाट बंद होने के बाद भगवान विष्णु की डोली उनके शीतकालीन प्रवास जोशीमठ के लिए रवाना हो गई जहां अगले छह महीने श्रद्वाल् उनके दर्शन कर सकेंगे

पहले ही साल इस योजना से महिला स्वयं सहायता समूहों को करीब एक करोड़ तीस लाख रुपये का मुनाफा हुआ है ये योजना पहाड़ी क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिकी सुधारने में बेहद कामयाब रही है चौलाई जैसी फसल की कीमत बाजार में ज्यादा नहीं है लेकिन चौलाई से बने लड्ड की काफी मांग है जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने इस वर्ष केदारनाथ यात्रा के दौरान प्रसाद के रूप में चौलाई के लड्ड देने की योजना बनाई महिला स्वयं सहायता समूहों ने ये लड्ड तैयार कियें प्रसाद योजना में उत्पादन से लेकर विपणन तक सारा कार्य स्थानीय स्तर पर किया गया छह माह तक चली यात्रा में करीब एक करोड़ तीस लाख रूपये के प्रसाद की बिक्री हुई

पहले वर्ष में ही प्रसाद योजना की सफलता को देखते हुए जिला प्रशासन अब अगले वर्ष इसे और बेहतर तरीके से संचालित करने की कार्ययोजना बना रहा है स्लग व्यापार मेला दिल्ली प्रदेश के सहकारिता उच्च शिक्षा दृग्ध विकास एवं प्रोटोकॉल राज्यमंत्री डॉधन सिंह रावत ने प्रवासी उत्तराखण्डवासियों से अनुरोध किया कि वे साल में दो तीन बार अपने गांव जरूर जाएं

उन्होंने प्रदेश सरकार के कार्यों की जानकारी भी दी इस वर्ष व्यापार मेले की थीम भारत में ग्रामीण उद्योग रखी गयी है मेले में भागीदार राष्ट्र के रूप में अफगानिस्तान और फोकस देश नेपाल जबकि राज्यों में फोकस राज्य झारखंड के रूप में प्रतिभाग कर रहा है